बैठक के दौरान राज्य के सात जिलों कुरुंग कुमे दिबांग वैली नामसाई अपर सुबनसिरी अंजाव वेस्ट सियांग और अपर सियांग में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और शिक्षा विभाग की सचिव मध्ररानी तियोतिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे युवा मामला विभाग के सहयोग से अरुणाचल पेराग्लाइडिंग संघ द्वारा ईस्ट कामेंग जिले के पापू वैली में आयोजित तीन दिवसीय अरुणाचल पेराग्लाइडिंग फेस्टिवल कल संपन्न हो गया फेस्टिवल में देश और विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया समापन समारोह को संबोधित करते हुए अरुणाचल खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष बामंग तागो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे चलकर बेरोजगार युवाओं के लिए लाभदायक होगा अरुणाचल प्रदेश पेराग्लाइडिंग संघ और पर्यटन विभाग संयुक्त रुप से लुम्डुंग में आज से लड़कियों सहित अट्टाईस स्थानीय युवाओं के लिए दस दिन का पेराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है सांसद निनोंग इरिंग ने कल मुख्य मंत्री पेमा खांड्र से मुलाकात कर हाल ही में किंगकप पब्लिक स्कूल में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों की समस्या पर ध्यान देने का आग्रह किया है श्री इरिंग ने मुख्य मंत्री को ओजिंग तायिंग हत्या मामले की सी बी आई जांच में तेजी लाने के लिए दबाव डालने पर भी जोर दिया उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह सभी राज्यों को निर्देश देगा कि वे केंद्र द्वारा बनाई गयी गवाह सुरक्षा योजना को लागू करें यह योजना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सलाह मशविरा कर तैयार की गयी है

इसे निर्धारित समय में कानूनी जामा पहनाया जायेगा लेकिन तब तक इसे लागू करने के लिए न्यायालय को राज्यों को निर्देश देना चाहिये गवाह सुरक्षा योजना का मामला उस समय सामने आया था जब उच्चतम न्यायालय एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था इस याचिका में आसाराम बापू पर चल रहे दुष्कर्म मामले में गवाहों की सुरक्षा की मांग की गयी थी अपर सियांग जिला प्रशासन ने हाल ही में तुतिंग में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम पर बेटी महोत्सव का आयोजन किया इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए तुतिंग ब्लॉक से आंगनबड़ी कार्यकर्ताओं और बालिकाओं द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और संबंधित सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया समापन समारोह में भाग लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पंचायती राज मंत्री आलों लिबांग ने बेटी महोत्सव के उपलक्ष्य में नवजात बेटियों के अभिभावकों को प्रमाण पत्र और तोहफा प्रदान किए ईस्ट सियांग जिले के ओयान गांव में एम जी सामुदायिक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र को अपने प्राकृतिक रेशम उत्पादों पर सिल्क मार्क लगाने का अधिकार मिल गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रायोजित भारतीय सिल्क मार्क संगठन ने केंद्र के प्रचार का अधिकार दिया है जुलाई दो हजार चौदह में गठित प्रशिक्षण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोजगार के सृजन के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियों कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि इस महीने मन की बात विशेष है क्योंकि कार्यक्रम अपना पचासवां संस्करण प्ररा कर रहा है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

माई जी ओ वी डॉट आई एन पर भी विचार भेजे जा सकते हैं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

आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया